महिला दिवस पर प्रदेशभर में महिलाओं को समर्पित अनेक जागरूकता व सम्मान कार्यक्रम आयोजित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए बड़ी कम्पनियों से साधा जाएगा सम्पर्क दौलतपुर चौक से जयपुर इंटर सिटी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झण्डी दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा आज से शुरू

यह दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है स्त्री पुरुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तींकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समुहों और संस्थानों को दिए जाते हैं केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी इस अवसर पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने आज अपना टवीटर अकाउंट साइन ऑफ किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलाओं ने अपनी जीवन यात्रा को प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा किया महिला दिवस इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने धर्मशाला महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज और देश सशक्त बन सकता है उन्होंने इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से बेटियों के सशक्तिकरण के लिए जिजीविषा अभियान का श्भभरंभ भी किया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िले के रैत में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है

वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर ने महिला दिवस पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही नारी को देवी की संज्ञा दी गई है और महिलाओं में बाघाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ने की अदभुत ताकत है इस अवसर पर उन्होंने लोगों को पोषण अभियान की शपथ भी दिलाई सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा शमशी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं आज विकास के हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रही हैं

सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने बताया कि इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के योगदान को बढ़ावा देना है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन तैयार करने के कार्य में विशेष रूप से प्रभा शर्मा राजकुमारी चंदेल सुनैना और बीना का सहयोग रहा भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में नशे की प्रवृति पर रोक लगाने में युवाओं और विशेषरूप से युवा सँगठनों की अहम भूमिका है शिमला में नशे की समस्या की चुनौतियों व निवारण को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में आज उन्होंने ये बात कही भारद्वाज ने कहा कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ युवा संगठनों को भी नशा विरोधी कार्यों में सक्रिय सहयोग देना होगा उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति व प्रनर्वास केन्द्रों के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में समुचित प्रावधान की घोषणा की है इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने नशे को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी

जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने आज मंडी में एक बैठक में कहा कि परियोजना के अंतर्गत मिनी फूड पार्क भी स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों युवाओं और महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन विस्तार के लिए गुणवत्ता और पैकिंग में सुधार के साथ साथ बड़ी कम्पनियों से सम्पर्क साधा जाएगा वे आज ऊना ज़िले के झलेड़ा गांव में स्वां वूमैन फैडरेशन द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में बोल रहे थे अनुराग ठाकूर ने कहा कि जिले के स्वय सहायता समूहो के उत्पादों को बेचने के लिए माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में मी कुछ दुकाने प्रदान की जाएगी ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके उन्होंने संस्था के सफल संचालन में महिलाओं के योगदान की सराहना भी की

उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए सौ करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कोटला खुर्द में भी जिला स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और महिलाओं को बधाई दी अनुराग ठाकुर ने मातुवंदना योजना को बेहतर ढंग से लागू करने पर ऊना जिला को देश भर में दूसरा स्थान मिलने के लिए अधिकारियों की सराहना की बाद में अनुराग ठाकुर ने दौलतपुर चौक से जयपुर तक जाने वाली इंटर सिटी एक्सप्रेस को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे लोगों को चण्डीगढ़ व दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में जाने के लिए सीधी रेल सुविधा मिल पाएगी

ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने आज कांगड़ा जिले के परागपुर में किसान कल्याण कार्यशाला में कही

इससे पहले बिक्रम ठाकुर ने डाडासीबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के नोरा में होली उत्सव का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करता है और नोरा होली उत्सव की अपनी पराम्परिक भव्यता के कारण एक अलग पहचान है परमार ने कहा कि हिमाचल को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है और प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराएं बेहद समृद्ध है पोषण पखवाड़ा दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है दो सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य विंषय भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका से संबंधित है

इसका उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से कुपोषण की समस्या का समाधान करना है इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल और परिणाम मूलक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है इघर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया